केन्द्र सरकार ने थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दी

राजस्थान उच्च न्यायालय आज कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए अयोग्यता संबंधित नोटिसों पर अपना फैसला सुनाएगा उच्च न्यायालय ने इस मामले में मंगलवार को अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रखा था

अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि इस मामले में फैसला सुनाने तक र्व विधायकों पर कोई कार्यवाही नहीं करें इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने विधासभा अध्यक्ष द्वारा दायर स्पेशल लीव पीटीशन पर सुनवाई करते हुए मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले के अधीन होगा इस बीच कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की एक ट्वीट के जरिये मुख्यमंत्री ने कहा कि बहमत उनके साथ है और विधानसभा का सत्र जल्द ही बुलाया जाएगा

इस आदेश से सेना की दस शाखाओं में लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा इन शाखाओं में आर्मी एयर डिफेंस सिग्नल्स इंजीनियर्स आर्मी एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स आर्मी सर्विस कोर आर्मी आर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस कोर शामिल हैं जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावर्ड़कर ने महिला अधिकारियों को सेना की दस शाखाओं में स्थायी कमीशन की मंजूरी देने पर सरकार को बधाई दी है कल एक टवीट में उन्होंने कहा कि यह महिलाओं का असली सशक्तिकरण है

खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि योजना में शामिल होने वालों की प्राथमिकता के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी उन्होंने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी दिव्यांग इसके लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए

शहरी क्षेत्रों में ये कार्य नगर निकायों और बीएलओ के जरिये करवाया जायेगा बेसहारा और जरूरतमंद लोग मोबाइल एप या ई मित्र कियोस्क पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते है सर्वे के दौरान सभी बेसहारा और जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों और परिवारों से उनके व्यवसाय या आजीविका की सूचना भी आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी जिनका पहले सर्वे किया जा चुका है उनके दुबारा सर्वे की आवश्यकता नहीं है

इधर कोटा में प्लाज्मा थैरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है कल एक साठ वर्षीय मरीज को प्लाज्मा दिया गया

इसकी शुरूआत सबसे पहले जोधपुर से की जाएगी डॉ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना किसी लक्षण के पॉजिटिव आने वाले मरीजों को चिन्हित करना या उनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है जांच के जरिए ही इस बात का पता लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि जोधप्र शहर में पॉजिटिव को चिन्हित करने के लिए रामगंज मॉडल में काम में ली गई रेंडम सैम्पलिंग पद्धति अपनाई जाएगी

एक वक्तव्य में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए नियम इस साल पहली दिसंबर से लागू हो जाएगे इनके अनुसार तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर तम्बाकू का सेवन करने से दर्दनाक मौत होने संबंधी चेतावनी लिखना जरूरी होगा मंत्रालय ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है जिसके लिए कानून के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है

आज सुबह बीकानेर जयपुर अजमेर और उदयपुर संभागों के कुछ जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हई मौसम विभाग ने आज भी जयपुर अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं जयपुर दौसा चूरू झुंझुनूं सीकर नागौर अजमेर टोंक धौलपुर और बूंदी में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें